हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहोल बना हुआ है कार्यक्रम में सांसद सुमेधानंद सरस्वती जिला अध्यक्ष विष्णु चेतानी जिला प्रमुख अपर्णा रोलन सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र रोजगार सुजित करने वाला प्रमुख क्षेत्र है और देश के समग्र विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है

इनमें मध्य रेलवे पूर्वी रेलवे उत्तर रेलवे दक्षिणी रेलवे और पश्चिम रेलवे शामिल हैं

इसके तहत मुख्यमंत्री सांसद विधायक पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आमजन के घर जाकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देकर अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस अभियान की शुरूआत कल झालावाड में की अपने तीन दिवसीय दौरे के दुसरे दिन श्रीमती राजे आज झालावाड जिले में कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेगी वहीं राजधानी जयपुर में अभियान के तहत केन्द्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर आमजन से संपर्क करने में जुटे है उधर सीकर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से कमल संदेश यात्रा निकाली गई

इधर भरतपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिये कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों के माध्यम से ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर ऑडियो क्लिप के जरिये मतदान करने की अपील की गई है वहीं जिले में कुछ क्षेत्रों में चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों को चिन्हित कर पाबंद किया गया है

इससे कंपनी नियमों के बेहतर अनुपालन के जरिए कारोबार आसान बनाने में मदद मिलेगी

इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेश लागु करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को मंजूरी दी

नौसेना में नाविक यानी सेलर सेना के जवान के समकक्ष होता है तीनों सेनाओं में अभी तक महिलाएं केवल अधिकारी के रैंक पर ही सेवारत हैं हालांकि सेना ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि वह महिलाओं को अपनी सैन्य पुलिस कोर में भर्ती करना शुरू करेगी

इस बार परीक्षा का आयोजक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को बनाया गया है

परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी सभी जिला मुख्यालयों पर परीक्षा के प्रश्नपत्र और अन्य सामग्री पहंचा दी गई है

इस बार भाषा योग्यता परीक्षा नहीं होगी